्र राज्य में पश्चिमी विक्षोम के असर से कई स्थानों पर तेज अंधड और हल्की बारिश कोविड मरीजों की संख्या बढ़ रही है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

उन्होंने कहा कि पक्ष विपक्ष और समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर ही यह जंग बेहतर तरीके से लड़ी जा सकती है श्री गहलोत कल रात वीडियो कॉन्फ्रेन्स के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते कोरोना संक्रमण के विषय पर मंत्रिपरिषद के सदस्यों विधायक विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं जिला प्रमुख से लेकर वार्ड पंच स्तर तक के पंचायती राज जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद कर रहे थे उन्होंने कहा कि अगर संक्रमण बढ़ता रहा तो समी चिकित्सा सुविधाएं भी कम पड़ सकती हैं ऐसे में नागरिक भी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए संक्रमण से बचाव के लिए आत्मसंयम बरते और दो गज दूरी रखने मास्क पहनने तथा बेवजह घर से बाहर नहीं निकलने के कोविड हैल्थ प्रोटोकॉल की पालना करें मुख्यमंत्री ने कहा कि दूसरी लहर में कोरोना बड़ी संख्या में युवाओं बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं तक को चपेट में ले रहा है पूरे देश और प्रदेश में बेहद चिंताजनक और व्यथित करने वाले हालात हैं मुख्यमंत्री ने अपील की कि प्रदेशवांसियों को संकट के दौर से बाहर निकालने में सभी लोग एक दूसरे की मदद करें चिकित्सा मंत्री डॉ रघु शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार वैक्सीनेशन कार्यक्रम को और गति देने के पूरे प्रयास कर रही है प्रतिपक्ष के नेता गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि यह समय कोरोना के खिलाफ राजनीतिक भेदभाव से ऊपर उठते हुए एकजुटता से लड़ाई लड़ने का है

कल भी इन्हीं जिलों में सबसे ज्यादा नए मामले मिले हैं

कृछ जिलों में संक्रमण की रफ्तार मामूली कम हुई है

वह यह सुनिश्चित कर रही है कि दुनिया के अन्य देशों से प्राप्त चिकित्सा सहायता सामग्री से संबंधित सीमा शुल्क आदि की अनुमति तेज गति से कराकर जल्दी से जल्दी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को भेजी जा रही है

इससे लोगों को गर्मी से थोडी राहत मिली है

ब्रंदी में कल रात कई स्थानों पर तेज हवाओं के साथ हल्की बरसात हुई

अलवर तथा भरतपुर में आकाशीय बिजली गिरने से एक एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई हमारे चूरू संवाददाता ने बताया कि जिले में कल शाम अच्छी बारिश हुई है

ये चारों बच्चे एक ही परिवार के थे दुर्घटना उस समय हुई जब ये बच्चे जोहड से पानी लेने गये थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक ट्वीट संदेश के जरिये दुख व्यक्त किया है